उन्होंने कहा कि प्रदेश को ये पुरस्कार केन्द्र सरकार के ई एप्लीकेशन और राज्य सरकार द्वारा विकसित अन्य एप्लीकेशनों के प्रभावी प्रयोग के लिए प्रदान किया गया है

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज मंत्रालय सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से पंचायतों के कामकाज में कुशलता पारदर्शिता व दक्षता लाने के लिए प्रयासरत है

शिमला में आज निगम के निदेशक मण्डल की बैठक में उन्होंने कहा कि पेड़ों से बिरोजा निकासी के लिए वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि बिरोजा की गुणवत्ता बनी रहे गोविंद ठाकुर ने कहा कि निगम के कार्यों को सुचारू बनाए रखने के लिए वनरक्षकों सहित विभिन्न श्रेणियों के पदों को जल्द ही भरा जाएगा

इसके अलावा अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने सहित दैनिक वेतन भोगियों व अंशकालिक कर्मचारियों को प्रदेश सरकार द्वारा बढ़ाए गए भत्तों को देने का निर्णय भी लिया गया वनमंत्री ने कुल्लू के पतली कूहल में केन्द्रीय डिपो खोलने को मंजूरी प्रदान की और अधिकारियों को नाहन व बिलासपुर फैक्टियों को और अधिक आधुनिक बनाने के निर्देश भी दिए समदो ग्राम्फू सड़क केन्द्र सरकार के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण के फैसले के बाद सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण समदो काजा ग्राम्फू सड़क को फिर से सीमा सड़क संगठन को सौंप दिया गया है

स्थानीय लोगों ने समदो ग्राम्फू सड़क को बीआरओ के अधीन करने पर सरकार का आभार जताया है खुरीक पंचायत के प्रधान संजीव कुमार ने बताया है कि बीते करीब एक दशक से इस सड़क की हालत बेहद खराब है जिससे स्पिति घाटी में पर्यटन व्यवसाय को भी नुकसान हुआ है स्थानीय लोगों ने अब सड़क निर्माण के कार्य में जल्द सुधार आने की उम्मीद जताई है राज्यपाल प्रदेश निजी शैक्षणिक संस्थान नियामक आयोग के सदस्य एसपी कत्याल ने आज राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से भेंट की इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है उन्होंने कुछ निजी विश्वविद्यालयों में पाई गई अनियमितताओं पर भी चिंता जताई बरागटा मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा ने कहा है कि प्रदेश सरकार सिरमौर जिले में विकास कार्यों को गति देने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है

बरागटा ने बताया कि जिले में मनरेगा के तहत किए जाने वाले कार्यों के लिए सीमेंट उपलब्ध करवाने के लिए सीसीआई राजबन से अनुबंध किया गया है डीसी ऊना ऊना के उपायुक्त संदीप कुमार ने कोरोना संकट के दौरान रोटरी क्लब के सदस्यों द्वारा दी जा रही सेवाओं के लिए आज उन्हें कोरोना योद्वा के रूप में सम्मानित किया उपायुक्त ने कहा कि कोरोना संकट से निपटने में विभिन्न सामाजिक संगठनों का अहम योगदान रहा है इस अवसर पर रोटरी क्लब के अध्यक्ष सुरेन्द्र ठाक्र ने जिला प्रशासन द्वारा बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों और जिले में कार्यरत मजदूरों की सहायता के लिए की गई व्यवस्था के लिए उपायुक्त का आभार जताया

उन्होंने लोगों से इस दौरान ब्यास नदी के किनारे न जाने की अपील की है उन्होंने परियोजना प्रबंधन को भी सभी सुरक्षा उपायों का पालन करने के निर्देश दिए हैं

उपायुक्त हरिकेष मीणा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं